चंडीगढ़ और हरियाणा से प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने का सिलसिला आज भी जारी रहा

नई दिल्ली मे मीडिया से बातचीत मे श्री जावड़ेकर ने कहा कि जब पूरी दुनिया सही सयम पर तालाबंदी लागू करने के लिए भारत की सराहना कर रही है वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है

सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से सम्बोधित करते हये श्री गडकरी ने कहा कि इस स्रंग से चार धाम राजमार्ग के ऋषिकेष धारस् और गंगोत्री मार्ग पर यात्रा करने वाले के समय की बचत होगी मंत्री ने बताया कि यह परियोजना निर्धारित समय में तीन महीने पहले अक्तूबर महीनें में पूरा होने की संभावना है

गंगोत्री और बद्रीनाथ से लगे ाई सौ किलोमीटर लंबे स्ड़क मार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है

इसके अलावा रोडवेज की बसों में भी श्रमिकों को पडौसी राज्यों में भेजा जा रहा है मुख्मयंत्री आज चंडीगढ़ से करनाल जाते समय अम्बाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल के मार्गदर्शन में चलाये श्रमिक शिविर में रूके थे उन्होंने श्रमिकों के लिए किये जा रहे काम की सराहना करते हये कहा कि संकट की इस घड़ी मे मानवता की सेवा के लिए कई सामाजिक सहयोग के लिए आगे आ रहे है

श्रमिकों को हर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और उन्हें ग़ह जिलों में पहुंचाने के लिए उनका पंजीकरण किया जा रहा है

कई टवीट कर मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को बार बार अपने हाथ साब्न से धोने चाहिए और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना चाहिए हाथ साफ करने के लिए एल्कोहल से बने सैनेटाइज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध है और इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है केन्द्र सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि रेलगाडिय़ों में भूख के कारण दस लोगों की मृत्य् हो च्की है पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि भूख के कारण ऐसी मौत का कोई समाचार नहीं है उन्होंने लोगों को कहा कि ऐसी अप्रमाणिक समाचारों को फैलाने से ग्रेज करना चाहिए

भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना निवासी प्लिस जवान की मां और उसके साथी की रिपोर्ट पोजिटिव आई है कोरोना मुक्त हये सिरसा में फिर एक व्यक्ति पोजिटिव मिला है

हरियाणा में प्रवासी श्रमिकों को उनके प्रवासी गृह राज्यों के भेजने के लिए आज कई जिलों में विशेष श्रमिक रेलगाडिय़ां चलाई गई

इस मौकेपर उप मंडल अधिकारी राकेश संधू और तहसीलदार वीरेन्द्र गिल मौजूद रहे

जाने से पहले उनकी डाक्टरी जांच की गई और उन्हें खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया ये श्रमिक छपरा मोतीहार गोपालगंज सिवान अररिया दरभंगा आदि जिलों से है

उपाय्क्त यशेद्र सिंह ने बताया कि इन प्रवासी श्रमिकों को प्रोटोकॉल के अन्सार जाने से थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई

अतिरिक्त उपाय्कत आर के सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि यात्रियों को ये सूविधा निःशुल्क दी जा रही है और जाने से पहले उन्हें पानी खाने पीने के सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रमिक रेलगाडिय़ा के अलावा बसों से भी श्रमिकों को उनके घरों में भैजा जा रहा है या बसों दवारा नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहंचाया जा रहा है

इन सभी को रोडवेज़ की बसों में फरीदाबाद और हिसार भेजा गया

नोडल अधिकारी चंडीगढ़ हऊसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग ने बताया कि जाने से पहले सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें मास्क और अन्य आवश्य वस्तुये भी उपलब्ध करवाई गई

पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर ने बापू धाम कालोनी के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में लोगों के नमूनों की जांच पर तस्लली प्रकट की है